प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध नियम तोडने वालों का होगा लाइसेंस निरस्त

इंदौर में चल रही प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में अब तक सात हजार किलो से ज्यादा प्लास्टिक हुआ इकट्ठा

भाजपा कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रत्याशियों और निर्दलियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान दलों का निष्पक्षता के साथ मतदान संपन्न कराने पर आभार व्यक्त किया है

मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपेट मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है अनुपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर थ्री टियर सुरक्षा मे ईवीएम रखी गई हैं

जिला निर्वाचन की अगवाई में कल मतगणना कार्य संबंधी एक बैठक आयोजित की गई है

यहां पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सम्भाली जा रही है शेजवार नोटिस भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री गौरी शंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को नोटिस जारी किया है सांची विधानसभा उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर उनसे तीन दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है इसी तरह मुरैना जिले के सुमावली से पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार को भी पार्टी ने नोटिस थमाया है उन पर भी उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है पटाखा प्रतिबंध प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने विदेशी पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है अगर कोई व्यापारी विदेशी पटाखे बेचते पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा

सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में कोरोना के नये मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है

वहीं शासन को प्रतिदिन करीब एक करोड़ रूपये की बचत होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इसकी जानकारी दी बैठक में श्री चौहान ने कहा कि किसानों को दिन में बिजली प्रदाय के घंटे बढ़ाये जाए

षहर की क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों को इन टीमों के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है वहीं षहर के रेडियो जॉकी इन टीमों के कप्तान बनाए गए हैं जो रेडियो के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से अनुपयोगी प्लास्टिक देने की अपील कर रहे हैं टीम के सदस्यों में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सफाई मित्रों को षामिल किया गया है

टीम कोई भी जीते पर प्लास्टिक को इन्दौर से हराना है

अश्विनी कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है लोक मान्यता अनुसार पति की लंबी आयु की कामना के साथ महिलाएं दिनभर निर्जला व्रत रखती है और रात्रि में चन्द्रदर्शन के बाद चन्द्रमा को करवा नाम के पात्र से अर्घ्य देकर वे अपना उपवास खोलेंगी ये पर्व उत्तरभारत में विशेष रूप से मनाया जाता है

भोपाल सहित कई जिलों में रात साढ़े आठ बजे के आस पास चांद दिखने की संभावना है

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसके असर से ग्वालियर चम्बल संभाग समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है

होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी ठंड अब तेज होने लगी है उधर जबलपुर के मौसम में बदलाव तेजी से हो रहा है मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी एक सप्ताह में ठंड का असर और तेज हो जाएगा

वे कल से आयोजित होने वाली दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक में भाग लेंगे